इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि इंदौर स्थित लेब में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सेंपल की जांच की जा रही है इनमें से पांच आज पॉजिटिव पाए गए

इसके अलावा अभी तक जबलपुर से छह और भोपाल ग्वालियर तथा शिवपुरी में एक एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिला है

इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं पूरी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं वे वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैदानी क्षेत्र की जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं वहीं रायसेन में सीएमओ डॉक्टर ए के शर्मा ने लोगों को सलाह दी है कि वे सुझाई गई दूरी बनाकर रहे और हमेंशा मास्क पहनने का विशेष ध्यान रखें

निजी अस्पतालों में उपलब्ध मेडिकल अमले का भी उपयोग करें

इसके अलावा इंदौर ग्वालियर जबलपुर सागर और रीवा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों को महामारी के इलाज का सेंटर बनाया जाएगा

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी पत्र में कहा है कि यह आवश्यक है कि निर्माण प्रक्रिया परिवहन वितरण संग्रह और लॉजिस्टिक्स संबंधित सभी सेवाओं की निर्बाघ आपूर्ति सुनिश्चित करें भवन निर्माण श्रमिक श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए भवन निर्माण कामगारों के खातों में धन भेजने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कामगारों को यह धन उपकर कोष से जारी किया जायेगा श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों और उप राज्यपालों को पत्र लिखे हैं

सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री सीआईआई फिक्की और एसोचेम को लिखे एक पत्र में गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा एजेंसियों से अपने कर्मियों और कर्मचारियों की मानवीय आधार पर छंटनी न करने को कहा है पत्र में यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन श्रमिकों को ड्यूटी पर माना जाए और उसी के अनुसार भुगतान किया जाए

किसी भी बैंक शाखा में एक समय में केवल पांच लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा